इसके साथ ही राज्य में कोविड के क्ल सौलह हजार चार सौ पंद्रह मामले हो गए है नए मामलों में ईस्ट सियांग जिले से चार चांगलांग से तीन वहीं राजधानी ईटानगर क्षेत्र वेस्ट कामेंग लेपारादा और लोअर स्बनसिरी से दो दो मामले इसके अलावा सियांग पाप्मपारे नामसाई लोअर दिबांग वैली और लोहित से एक एक मामले रिपोर्ट किए गए है नए मामलों में बारह एसिम्टमेटिक और आठ सिम्टमेटिक है कल अड़तालीस मरीज स्वस्थ हो गए जिसके साथ ही ठीक होने वालों की संख्या पंद्रह हजार छह सौ तिरपन हो गए है

हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और फाइजर के बाद अपने टीके के आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी के लिए आवेदन करने वाला तीसरी कम्पनी है भारत बायोटेक स्वदेशी तौर पर भारतीय आय्र्विज्ञान अन्संधान परिषद के सहयोग से कोवैक्सीन विकसित कर रही है और अभी यह परीक्षण के तीसरे चरण में है देशभर में अद्वारह स्थानों पर बाईस हजार से अधिक स्वयंसेवकों पर इसका परीक्षण किया जा रहा है किसी दवा के आपातकालीन इस्तेमाल की अन्मति तभी दी जाती है जब इस बात के पर्याप्त प्रमाण हों कि वह इलाज के लिए स्रक्षित और प्रभावी है अंतिम मंजूरी परीक्षणों के पूरा होने और सम्पूर्ण आंकडों के विश्लेषण के बाद ही दी जाती है

इस अवसर पर श्री लोयी ने वैक्सीन को लगाने की तैयारी पर बल देते हए कहा कि टीका जनता के लिए उपलब्ध कराए जाने से पहले उन्हें इसके बारे में जागरुक करना चाहिए

उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के दौरान मोबाइल प्रौद्योगिकी के माध्यम से समाज के गरीब और कमजोर वर्गो को मदद प्रदान की गई उन्होंने कहा कि भारत मोबाइल तकनीक की मदद से द्रनिया का सबसे बड़ा कोविड टीकाकरण अभियान श्रू करेगा इंडिया मोबाइल कांग्रेस के चौथे संस्करण को आज संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि मोबाइल तकनीक की मदद से लाखों भारतीयों को करोड़ों डॉलर का लाभ हआ है उन्होंने कहा कि इस तकनीक की मदद से करोड़ों नकदी रहित लेनदेन सम्भव हए इस अवसर पर प्रधान मंत्री ने भारत को द्रसंचार उपकरणों के डिजाइन और उत्पादन का वैश्विक केन्द्र बनाने का आहवान किया उन्होंने फाइव जी प्रणाली को समयबद्ध तरीके से हासिल करने के लिए सभी से मिलकर काम करने का आग्रह किया प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने मोबाइल फोन के उत्पादन में बडी सफलता हासिल की है और देश इसके एक मुख्य केन्द्र के रूप में उभर रहा है उन्होंने कहा कि सरकार की उत्पादन से ज्ड़ी प्रोत्साहन योजना से दूरसंचार क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार अगले तीन वर्षो में हर गांव में हाई स्पीड फाइबर ऑप्टिक केबल कनेक्टिविटी प्रदान करने की दिशा में काम कर रही है मोबाइल और इंटरनेट संपर्क के क्षेत्र में प्रगति की सराहना करते हए श्री मोदी ने कहा कि देश में इस समय एक अरब से अधिक मोबाइल फोन और पचहत्तर करोड़ इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं उन्होंने कहा कि कुल इंटरनेट उपयोगकर्ताओं में से आधे पिछले चार वर्षो के दौरान ही जुड़े हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की डिजिटल सम्भावनाएं असीमित हैं और हमें इस बारे में योजना बनानी होगी कि हम आगामी प्रौद्योगिकी क्रांति का कैसे बेहतर इस्तेमाल करें उन्होंने कहा कि बेहतर स्वास्थ्य देखभाल बेहतर शिक्षा और किसानों तथा छोटे व्यवसाइयों के लिए बेहतर बाजार उपलब्ध कराना कृछ ऐसे लक्ष्य हैं जिन्हें डिजिटल तकनीक की मदद से हासिल किया जा सकता है प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की कनेक्टिविटी में तेजी से सुधार हो रहा है और इसने हाल ही में गति पकड़ी है उन्होंने कहा कि य्वा वैज्ञानिक ऐसे कई उत्पादों पर काम कर रहे हैं जिनमें वैश्विक स्तर हासिल किया जा सकता है